महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक मादा हाथी की करंट से मौत

नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से शुरू की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा के लिए पचपन करोड़ रूपये उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति ने की है इसका उद्देश्य शहरी स्लम इलाके के लोगों को नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से बेहतर चिकित्सा सुविधा और निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई बैठक में मुख्य सचिव ने इस योजना को जल्द शुरू करने के निर्देश नगरीय प्रशासन विभाग को दिए पहले चरण में यह योजना प्रदेश के चौदह नगर पालिक निगमों के स्लम क्षेत्रों में साठ मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से शुरू की जाएगी मुख्यमंत्री लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोंडागांव जिले में लगभग तीन सौ करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इनमें एक सौ पचपन करोड़ रूपये की लागत के पच्चीस कार्यो का लोकार्पण तथा एक सौ पैंतालीस करोड़ रूपये की लागत के विकास कार्यो का शिलान्यास शामिल है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों किसानों आदिवासियों और मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में देश दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा है उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि का भुगतान किसानों को राज्य स्थापना दिवस पर एक नवंबर को किया जाएगा

अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार राजनांदगांव के तीन दशमलव सात छह प्रतिशत दुर्ग के आठ दशमलव तीन एक प्रतिशत और रायपुर के तेरह दशमलव चार एक प्रतिशत लोगों के शरीर में कोरोना संक्रमण के विरूद्व लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है सीरो सर्विलेंस के दौरान दुर्ग जिले के आम नागरिकों को उच्च जोखिम वाले वर्गो के पांच सौ सत्रह राजनांदगांव में पांच सौ चार और रायपुर में चार सौ बयानवे नमूने एकत्र किए गए थे इन नमूनों में से आठ दशमलव पांच प्रतिशत यानी एक सौ अट्ठाईस नमूनों में एंडीबॉडीज पाई गई है आईसीएम आर द्वारा प्रदेश के दस जिलों में किए गए सीरो सर्विलेंस की विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्ष आगामी पंद्रह दिनों में जारी किए जाएंगे आईसीएमआर नई दिल्ली और आरएमआरसी भुवनेश्वर द्वारा राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से दस जिलों के बीस विकासखंडों के साठ क्लस्टर्स में सीरो सर्विलेंस के लिए नमूने एकत्रित किए गए हैं सर्विलेंस के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से नमूने लिए गए हैं इनमें आम नागरिकों के साथ ही भीड़ के बीच काम करने वाले उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के नमूने भी शामिल हैं कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में इस समय लॉकडाउन प्रभावशील है रायपुर जिले में भी अट्ठाईस सितंबर तक लॉकडाउन लागू है वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राजधानी में लागू लॉकडाउन की समीक्षा के लिए अट्ठाईस सितंबर को बैठक होगी रायपुर जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों को स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित आवश्यक सलाह प्रदान करने को लिए होम आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया है होम आइसोलेशन प्रभारी ने बताया कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों और आम मरीजों के लिए सीजी हाट डॉट इन ऐप पर दवाइयां आसानी से मिल सकेंगी इसके लिए दिए गए क्यूआर कोड पर स्कैन कर सकते हैं या पोर्टल के लिंक पर जाकर मरीज घर बैठे जरूरी दवाएं प्राप्त कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से दवा व्यापारी भी जुड़ सकते हैं जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने और लापरवाही बरतने के मामले में आठ विकासखंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कलेक्टर ने कहा है कि एंटीजन और आरटी पीसीआर टेस्ट लक्ष्य के विरूद्व बहुत कम किए जा रहे हैं वहीं स्वास्थ्य केन्द्रों में कोरोना जांच के बाद रिकॉर्ड आईसीएमआर ऐप में दर्ज नहीं किया जा रहा है कलेक्टर ने इसे शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही और सिविल सेवा आचरण नियम के विपरीत बताया वहीं जशपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान बिना वजह सड़क पर घूमने और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है इधर महासमुंद जिले में लॉकडाउन के दौरान ओडिशा की सीमाओं पर निगरानी के लिए प्रशासन द्वारा तीस अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है भाजपा कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा द्वारा घोषित कार्यकारिणी में बारह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं इनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हैं जिन्हें दोबारा मौका दिया गया है वहीं सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है जबकि राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय को इस बार कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली है वे पिछली कार्यकारिणी में पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री थीं

यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की उनहत्तरवीं कड़ी होगी इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा यह आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा पर्यटन मंत्री विशेष भेंटवार्ता विश्व पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ के गृह लोक निर्माण और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू की विशेष भेंटवार्ता कल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से सुबह साढ़े दस बजे प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट और स्वच्छ पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने में सभी से अपनी सहभागिता निभाने की अपील की है चावल भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से साठ मीटरिक टन चावल लेने के फैसले का स्वागत करते हुए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है श्री साय ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों वाला विधेयक पारित कराने के बाद छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में एक और कल्याणकारी कदम बढ़ाया है श्री साय ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी आग्रह किया है कि वे इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से पत्र लिखकर केन्द्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करें एनएसएस अवॉर्ड राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते चौबीस सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए थे छत्तीसगढ़ के धमतरी स्थित बीसीएस शासकीय महाविद्यालय के स्वयंसेवक सत्येन्द्र साहू और भिलाई के शंकराचार्य महाविद्यालय के स्वयंसेवक राकेश कुमार को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया भिलाई के राकेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत उन्होंने अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए इन्हीं कार्यों की वजह से उनका चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया

यह घटना पांडुका थाना क्षेत्र के ग्राम सरकड़ा की है मिली जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के तीन लोग खेत में दवाई छिड़कने का काम कर रहे थे इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए बताया गया है कि विद्युत पम्प का तार ट्रटकर खेत में गिरा हुआ था जिससे करंट पूरे खेत में प्रवाहित हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई हाथी मौत महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र के ग्राम किशनपुर के पास एक मादा हाथी की मौत हो गई है मौके पर बिजली करंट लगाए जाने वाली लकड़ी और शीशी बरामद की गई है महासमुंद वनमंडल अधिकारी मयंक पांडेय ने भी मौके पर जाकर मुआयना किया इस मामले में संदेह के आधार पर कुछ ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है पशु चिकित्सा विभाग ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि की है कि हाथी की मौत बिजली करंट से हुई है जवान घायल कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ की टीम कोयलीबेड़ा क्षेत्र में गश्त पर निकली थी इसी दौरान गट्टा के पास माओवादियों ने आईईडी विस्फोट कर दिया जिसकी चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है विद्यार्थी विज्ञान मंथन विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया इन दिनों जारी है यह कक्षा छठवीं से कक्षा ग्यारहवीं तक के स्कूली विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि तीस सितंबर है इसके तहत एक ओपन बुक परीक्षा आयोजित की जाएगी यह परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगी इस परीक्षा के विजेता विद्यार्थियों के लिए अनेक नगद पुरस्कार भी निर्धारित किए गए हैं

गांजा बरामद महासमुंद जिले में पुलिस ने एक ट्रक से करीब आठ क्विंटल गांजा बरामद किया है जब्त गांजे की अन्मानित कीमत लगभग एक करोड़ बासठ लाख रूपये बताई गई है मिली जानकारी के मुताबिक कोमाखान थाना क्षेत्र में टेमरी नाका के पास वाहनों की चेकिंग की जा रही है इसी दौरान ओडिशा से आ रहे एक ट्रक से आठ क्विंटल दस किलो गांजा बरामद किया गया यह गांजा सब्जी के खाली कैरेट में छिपाकर रखा हुआ था इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है ये दोनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं मौसम और अब पेश है मौसम का हाल प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां कम होने के आसार हैं मौसम विभाग के मुताबिक आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा लेकिन उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिक तापमान में वृद्धि संभावित है वहीं बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में प्रदेश के विभिन्न जिलों में नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मी अब काम पर लौटने लगे हैं राजनांदगांव जिले में काम पर नहीं लौटने वाले संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की जाएगी राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षकों और महिला समूहों के सदस्यों द्वारा घर घर जाकर मध्यान्ह भोजन के सूखे पैकेट वितरित किए जाएंगे भारतीय रेलवे द्वारा मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत आज रायपुर रेलमंडल के प्रमुख स्टेशन परिसरों के प्रसाधन कक्षों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मोहन राव का कल हैदराबाद में निधन हो गया श्री राव ने राजधानी रायपुर के अनेक समाचारों पत्रों में वरिष्ठ पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं उनका अंतिम संस्कार कल रायपुर में किया जाएगा उनके निधन पर राज्यपाल मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दुख व्यक्त किया है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यात्रियों की संपर्क रहित थर्मल स्क्रीनिंग के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर तीन पर आटोमैटिक थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कोरबा जिले में दो नायब तहसीलदारों ने ढेंकुरनाला में दबिश देकर रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है कोरिया जिले के केल्हारी रेंज के ग्राम केवटी में भालू के हमले से एक बालक घायल हो गया